विश्व व्यापी कोरोना महामारी से राष्ट्र के संघर्ष को और सशक्त बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चुअल बैठक से पहले उन्होंने यह टिप्पणी की उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की सम्प्रभूता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने जोरदेकर कहा कि भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग किया है और मित्रतापूर्ण तरीके से मिलकर काम किया है नरेन्द्र मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य को नमन करते हुए कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है जो बलिदान के सिद्धांतो पर चलता है भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्रकरते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को भी तैयार है

अंकश ठाकर के शहीद होने की सूचना आज सूचह ही परिवार वालों को मिली उनके शहीद होने कौ सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने अंकृश ठाकूर की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने लाहौल स्पिति और किन्नौर जिला को सभी एहतियाती उपाय करने व सजग रहने के लिए चेतावनी जारी की है उन्होंने कहा कि प्रलिस को सेना के अधिकारियों से हर प्रकार की जानकारी सांझा करने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्मल ने भारत चीन सीमा पर बीते रोज हुई घटना पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कहा कि चीन विश्व पटल पर भारत से धीरे धीरे पिछड़ रहा है और अब ओछी हरकतों पर उतर आया है उन्होंने गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए

मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज शिमला में कामगार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए की

मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगार कलयाण बोर्ड के तहत पंजीकृत कामगारों के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न लाभ प्रदान कर रही है ऐसे कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सहायता दी जा रही है

कोविड अपडेट प्रदेश में कोरोना संक्रभित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है

कांग्रेस हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना महामारी से प्रभावित राज्य की आर्थिकी को फिर से पटरी पर लाने के लिए ऑज एक रिपोर्ट सौंपी ये रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने तैयार की है रिपोर्ट में स्वास्थ्य बागवानी शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में संसाधन जुटाने के सुझाव दिए गए हैं

कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य बागवानी शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सरकार कैसे सुधार लाकर लोगों की आय बढ़ा सकती है

विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे